मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई गांवों में किसानों की सरसों गेहूं चना सब्जी और अन्य फसलें प्रभावित हुई हैं जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को राहत देने की बात कही वहीं विधायक बृहस्पति सिंह ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को अवगत कराया है सरगुजा जिले के उदयपुर और लखनपुर क्षेत्र के किसान भी इस प्राकृतिक आपदा को लेकर काफी चिंतित है इन किसानों ने मुआवजे की मांग की है सरगुजा में कृषि विभाग के उप संचालक एमआर भगत ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है इसी तरह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को पहुंचे नुकसान पर किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजा मांगा है इन किसानों ने आज कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा किसानों ने बताया कि कल हुई वर्षा के कारण चना गेहूं समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है इस बीच मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल से मौसम सामान्य होने की संभावना है हालांकि उत्तरप्रदेश और बिहार के ऊपर बने चक्रवात के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं

धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाए जाने के खिलाफ आज विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में काले कपड़ों में पहुंचकर विरोध जताया भाजपा सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी लाया विपक्षी सदस्य धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे इसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है इस बीच सरकार ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में इस साल अट्ठारह लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग बयासी लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य निर्माण के बाद से अब तक हुई धान खरीदी के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक खरीदी हुई है इस वर्ष प्रदेश में साढ़े उन्नीस लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था इनमें से करीब तिरानवे प्रतिशत किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है हाईकोर्ट किसान मुआवजा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जांजगीर चांपा जिले में सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को एक महीने के भीतर बाजार दर से चार गुना अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है अदालत में किसानों ने जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर और एसडीएम ेके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी इस मामले में मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पीपी साहू की खंडपीठ ने कल सुनवाई की मुढभेड़ जवान घायल बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में तीन जवानों के घायल होने की खबर है अंतिम समाचार लिखे जाने तक इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई थी प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान पिडिया के जंगलो में गश्त पर निकले हुए थे इसी दौरान माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और बारूदी विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए इन जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में आज करीब साढ़े पांच सौ जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने नव दम्पत्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह किसी भी समाज के लिए एक पुनीत कार्य है उन्होंने कहा कि शादी में होने वाले अनावश्यक खर्च को रोकने की दिशा में सामूहिक विवाह एक आदर्श पहल है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जोड़े को पच्चीस हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि तथा बीस हजार रूपये तक के गृहस्थी के सामान भी दिए गए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए

यह घोषणा आज राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की सदन में आज स्वर्गीय श्रीमती सिंहदेव को श्रद्दांजलि अर्पित की गई विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने राजनीतिक सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र में श्रीमती सिंहदेव द्वारा दिए गए योगदान को याद किया

कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी सहित केन्द्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित यह संस्थान जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन है यहां भूमि जल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है राज्यसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए छब्बीस मार्च को चुनाव होगा इसके अलावा सोलह अन्य राज्यों की तिरपन सीटों के लिए भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी तेरह मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्रों की जांच सोलह मार्च को होगी और अट्ठारह मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सांसद मोतीलाल वोरा और रणविजय सिंह जूदेव का कार्यकाल पूरा होने वाला है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर फोन करके अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकता है यह रिकॉडिंग कल से लेकर अट्ठाईस फरवरी तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच की जाएगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आगामी आठ मार्च को होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के अलावा सभी एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर सुबह साढ़े दस बजे से सुना जा सकेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अलकतरा में कल से चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी यह प्रदर्शनी लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना पर आधारित होगी इसमें छत्तीसगढ़ के साझेदार गुजरात राज्य की संस्कृति और खान पान को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा तीन दिनों तक चलने वाली यह प्रदर्शनी अलकतरा के राजेन्द्र कुमार सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के सभागार में लगाई जाएगी इसका शुभारंभ सांसद गुहाराम अजगले करेंगे यह प्रदर्शनी प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है

इस दौरान रंगोली चित्रकला निबंध और भाषण सहित अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी हॉकी स्पर्धा अटहत्तरवीं महंत राजा सर्वेश्वरदास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल ने जीत लिया है इस मैच में भोपाल के गोलकीपर धनराज हेमम मैन ऑफ द मैच चुने गए राजनांदगांव में फाइनल मुकाबला मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल और नार्दन रेलवे नई दिल्ली के बीच खेला गया पेनाल्टी शूटआउट में नई दिल्ली को भोपाल ने चार के मुकाबले छह गोल से हराया समापन समारोह में वन मंत्री और जिले के प्रभारी मोहम्मद अकबर ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मध्यप्रदेश के अली अहमद को दिया गया पुलिस महानिरीक्षक निरीक्षण सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सामरी थाना क्षेत्र में स्थित बन्दरचुआ गांव का दौरा किया उन्होंने पुलिस कैम्प पहुंचकर पुलिसकर्मियों को हिदायत दी कि वे पीड़ित लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील बनकर कार्य करें पुलिस महानिरीक्षक ने सामरी और कुसमी थाने का भी निरीक्षण किया

उन्होंने ऐसी बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है

इस दौरान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम भी किया

इस घटना में एक ट्रक चालक और एक खलासी की मौत हो गई है वहीं एक अन्य ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया

इस दौरान चौदह कबाड़खानों में अवैध रूप से रखे गए दो सौ से अधिक गैस सिलेंडर सहित लाखों रूपये के अवैध सामान बरामद किए गए

उम्मीदवार आगामी सात मार्च तक दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं